विधि मंत्रालय ने कल न्यायमर्ति रंजन गोगोई की नियुक्ति की अधिसुचना जारी कर दी है

इस अवसर पर देश सहित प्रदेश में भी अनेक कार्यकम आयोजित किए जा रहे हैं

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्व है ताकि आम लोग सरकार की कार्यप्रणाली को आसानी से समझ सकें इस अवसर पर राज्य स्तरीय हिंदी दिवस कार्यक्रम शिमला स्थित गेयटी थियेटर में आयोजित किया जाएगा जिसमें शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज स्कूलों व कॉलेजों की प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण अभियान की गतिविधियों की जानकारी लोगों को देने के उद्देश्य से लाहौल स्पिति जिले के मुरिंग में कल एक जागरूकता शिविर लगाया गया केलंग के एसडीएम अमर नेगी ने शिविर की अध्यक्षता करते हुए बताया कि पोषण अभियान के तहत लाहौल मण्डल में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही हैं उन्होंने लोगों से अपने बच्चों में कृपोषण की समस्या दूर करने और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस दिशा में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ उठाने का आहवान किया इधर शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने संबंधित विभागों को पोषण अमियान के लिए निर्धारित लक्ष्य तय समय में पुरा करने के निर्देश दिए

राजधानी शिमला व आसपस के क्षेत्रों में भी सुबह से ही वर्षा हो रही है इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दैनिक भास्कर के शब्द हैं आय से ज्यादा संपति केस में धूमल को राहत अनुराग ठाकुर की संपति की जांच होती रहेगी दिव्य हिमाचल लिखता है संवेदनशील पदों पर भ्रष्ट अफसर बरकरार सरकार को फटकार इसी समाचार पत्र के अनुसार संभावित दागी अफसरों पर एक्शन रिपोर्ट तलब दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है पंचायती राज कानून में संशोधन करेगा हिमाचल हिमाचल दस्तक ने लिखा है पूर्व मुख्य सचिव पर गिरफतारी का खतरा

आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है हिमाचल में पेट्रोल डीजल पर कम नहीं होगा वैट हिमाचल विधानसभा में होगा मुक प्रश्नकाल दिव्य हिमाचल की सुर्खी है

जबकि हिमाचल दस्तक का शीर्षक है एक देश एक चुनाव पर शिमला में मंथन जेस्टिस करोल ने दिखाया लोगों को आईना शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है सड़क पर बेहोश पड़े व्यक्ति को अपनी गाड़ी में भेजा अस्पताल लोग तमाशा देखते रहे जबकि अमर उजाला के शब्द हैं दोधी को पड़ा दौरा चीफ जस्टिस ने उतरकर अपनी गाडी से भिजवाया आईजीएमसी सेल्फी बताएगी बच्चा स्कूल गया या नहीं हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हाजिरी के लिए नई पहल शीर्षक से खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता दी है

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय मिलकर भगाएं बीमारी में प्रदेश में स्क्रब टायफस के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को विशेष जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में निजी बस ऑपरेटरों द्वारा की गई हड़ताल के बाद बस किराए में बढ़ोतरी के कयास पर विचार व्यक्त करते हए शीर्षक दिया है किसके हिस्से कितनी राहत आपका फैसला ने अपने संपादकीय पौंग विस्थापितों के लिए प्रतिबद्धता में लिखा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान से पौंग विस्थापितों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है